श्री शर्मा आज गंगा यात्रा के कौशाम्बी पहंचने पर शीतला धाम कड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि गंगा यात्रा का उद्देश्य गंगा की अविरलता और पवित्रता को बनाए रखना है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वहद स्तर पर गंगा यात्रा का आयोजन किया है

रू हई जो एक हजार तीन सौ अट्टठावन किलोमीटर की दूरी तय कर कल कानपुर में संपन्न होगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा को निर्मल और अविरल बनाए रखने को अभियान को भारी जनसमर्थन मिल रहा है उन्होंने कहा कि सरकार गंगा को स्वच्छ रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नमाभि गंगे परियोजना के लिये अट्ठाईस हजार करोड़ रूपये दिये हैं जिससे गंगा को स्वच्छ बनाये रखने का कार्य तेज गति से चल रहा है

इस अवसर पर इक्कीस हजार दीपोर्ट के साथ भव्य गंगा आरती की गयी

इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुरेश राणा श्री कपिल देव अग्रवाल और श्री सुरेश खन्ना सहित कई अन्य मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे गौरतलब है कि गंगा यात्रा के दो रथ सत्ताईस जनवरी को बिजनौर और बलिया से रवाना हुए थे दोनों रथ कल कानपुर पहुंचेंगे जहां भव्य समारोह में यात्रा का समापन होगा उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाये चार दोषियों में से एक और की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है दोषी अक्षय कमार सिंह ने इस याचिका में अपनी फांसी पर रोक लगाने की मोंग की थी पांच न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एन वी रोमन्ना अरूण मिश्रा रोहिंटन नरीमन आर भानुमति और अशोक भूषण की पीठ ने उसकी यह याचिका नामंजूर कर दी बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के त्यौहार आज प्रदेश भर में धार्भिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं आज बुद्धि और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा का भी दिन है स्कूलों कॉलेजों और घरों में लोग माँ सरस्वती की पुजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई दी है अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बसन्त पंचमी विद्या बुद्धि ज्ञान कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती के प्राकट्च का दिन है श्री योगी ने कहा कि बसन्तोत्सव प्रकृति के उल्लास का भी पर्व है प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर चल रहे माघ मेले का आज तीसरा प्रमुख स्नान है बसंत पंचमी पर तडके से ही श्रद्धाल त्रिवेणी में पवित्र डबकी लगा रहे हैं मेला प्रशासन के अनुसार दोपहर बारह बजे तक करीब अठारह लाख श्रद्दालू त्रिवेणी में पवित्र स्नान कर चुके थे श्रद्दालूओं की भारी भीड़ को देखते हुए संगम तट पर बाइस स्नान घाट तैयार किये गये हैं सभी प्रवेश मार्गो और स्नान घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने भी आज त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया अयोध्या में ब्रहम मुहूर्त से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर के नागेश्वरनाथ हनुमानगढ़ी सहित प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं वाराणसी में भी गंगो तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने बसंत पंचमी पर पवित्र स्नान किया

भोर में ही भक्तों ने अपने आराध्य भगवान कृष्ण के साथ होली खेली केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दो हजार बाईस तक सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासरत है पिछले पांच वर्ष में एक करोड़ पचास लाख से अधिक मकान बनाये जा चुके हैं वित्त मंत्रालय के अनुसार योजना के दूसरे चरण में एक करोड़ पंचानबे लाख लामार्थियों को मकान मिल जायेगा सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए साठ लाख मकानों का लक्ष्य रखा है मऊ जिले में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज से तेरह फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा मनाया जाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश चन्द्र सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान जनपद में कू ट रोग के लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जाएगी और उन्हें निःशुल्क जांच और दवाएं दी जाएंगी